मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से कल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और अनावश्यक रूप से एक जगह एकत्र न होने की अपील की जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए केन्द्र और सभी राज्यों के एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया है वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ये चुनौती समी राज्यों के लिए एक जैसी है इसलिए इससे एकजुट होकर निपटना आवश्यक है उन्होंने मृख्यमंत्रियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हए नागरिकों की सुरक्षा के लिए समी परामर्शो पर अमल करने को कहा श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है विश्व भर में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हए प्रधानमंत्री ने लगातार संतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिहाज से अगले तीन चार सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ संपर्क के समय पर्याप्त दूरी बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है मुख्यमंत्रियों ने प्रघानमंत्री को अपने यहां की जा रही तैयारियों की जानकारी दी उन्होंने केन्द्र की ओर से मिली सहायता के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने केन्द्र सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी और यह भी बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री इसकी देख रेख कर रहे हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि भारत फिलहाल बीमारी के फैलाव के दूसरे चरण में है और इसके तीसरे चरण में पहुंचने को कम किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के फैलाव को देखते हुए प्रत्येक भारतीय को सतर्क रहने की आवश्यकता है राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से नौ बातों का ध्यान रखने का आग्रह किया है श्री मोदी ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो हम सबको घर से निकलने से बचना चाहिए साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले कुछ सप्ताहों में घर में ही रहना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से रविवार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया इसमें आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को छोडकर अन्य सभी से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है इस जनता कर्फ्यू के दरम्यान कोई भी नागरिक घरों से बाहर ना निकले ना सड़क पे जाएं ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकहे हॉ अपने घरों में ही रहें

जनता कर्फ्यू की घोषणा को देखते हुए आज आधी रात के बाद से कल रात दस बजे तक किसी भी रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी रेलवे बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी रविवार सुबह चार बज से रूक जायेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कल यानी बाईस मार्च को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने का लोगों से आहवान किया है उन्होंने अपने ट्वीटर संदेश में कहा कि हम सब संगठित होकर देश हित में इस कर्तव्य पालन का संकल्प ले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों बस अड्डों सहित राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों और कार्यक्रमों को दो अप्रैल तक स्थगित कर दिया जाये अगले आदेश तक प्रदेश के सभी मॉल बंद किए जायें मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ नोएडा एवं कानपुर शहर को सैनेटाइज किया जाये नगर विकास विभाग द्वारा शहरी इलाकों में नियमित फागिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाये ऐसा करने वालों के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील दिवस समाधान दिवस मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन का आयोजन दो अप्रैल तक स्थगित रहेगा इकत्तीस मार्च तक गैर जरूरी ओपीडी और जांच को स्थगित रखा जाये जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ न हो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों और सरकारी विभागों में जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाये

इसमें बत्तीस विदेशी नागरिक हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तेईस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नयी दिल्ली में बताया कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की आशंका वाले छह हजार सात सौ लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है केन्द्र सरकार संक्रमण रोकने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को हर संमव मदद और समुचित अधिकार दे रही हैं

वहीं पूरे प्रदेश में तेईस लोग इस बीमारी से प्रमावित हैं वॉलीवुड की एक प्रसिद्व गायिका के भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है खबरों के अनुसार गायिका कुछ दिन पहले लन्दन से लखनऊ आई थी यहां वह पार्टी में शामिल हुई थी जिसमें नौकरशाह राजनेता और कई अन्य लोग शामिल हुए थे उघर आगरा से आठ गाजियाबाद से दो और नोएडा से चार मरीज कोरोना संक्रमित पाये गये हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में सर्तकता और सावधानी बरती जा रही है विभिन्न जिलों में सफाई कर्मियों द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है अयोध्या में रामनवमी की पूर्व संध्या पर होने वाली रामकोट की परिक्रमा भी स्थगित कर दी गई है रामकोट की परिक्रमा की परिधि में ही रामलला का गर्भगृह आता हैं पीलीमीत टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए इकत्तीस मार्च तक के लिये बंद कर दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानी या एल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है लोगों से इस्तेमाल किये गए टिशू को तुरंत बंद डिब्बों में फेंकने और बुखार खांसी तथा सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गयी है डॉक्टर के पास जाते समय नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढक कर रखने को भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर एक शून्य सात पांच जारी किया है इस बारे में किसी मदद के लिए ईमेल आईडी एन सी ओ वी टू जीरो वन नाइन ऐट द रेट जीमेल डॉट कॉम जारी किया गया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच

प्रदेश में नकल व्यवसाय दन गया था परन्तु तकनीकी के प्रयोग से उस पर नकेल कसी गई है प्रदेश सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों को अविस्मरणीय बताते हए उन्होंने कहा कि इन वर्षो में विकास और बदलाव की जो इबारत लिखी गई है उसने प्रदेश के बारे में देश और दृनिया को नये तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है

उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ के लिए सौ करोड़ रूपये के अनुदान का आग्रह किया श्री शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि ये दोनों शिक्षण संस्थाएं अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं और प्रावधान के अंतर्गत ये अनुदान के दायरे में आती हैं